श्री मोदी ने देशवासियों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की

मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ उठाये जा रहे हैं कड़े कदम

कल होगा चुनाव और राजधनी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड बढी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

संक्रमित लोगों का पता लगाने और जांच बढाने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड के साथ मजबूती से लड़ रहा है उन्होंने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान यह बात कही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 श्री मोदी ने सतर्क किया कि इस तरह की सोच से असावधानी बढ़ती है

उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ सामूहिक समन्वय में वैक्सीन वितरण की कार्यनीति तैयार की जाएगी श्री मोदी ने सलाह दी कि राज्यों को शीत भंडारण सुविधाओं पर भी काम शुरू कर देना चाहिए

उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार पूरी सतर्कता बरतते हुए काम कर रही है कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की स्थिति में वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित रुप से सारी तैयारियां की जा रही हैं देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढते मामलों के मद्देनजर बिहार में पन्द्रह दिन का हाईअलर्ट जारी किया गया है जिलाधिकारियों और पूलिस अधीक्षकों को कोविड से बचाव को लेकर आवश्यक कदम उठाने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय किया गया है मुख्य सचिव ने बताया कि मास्क पहनने का अभियान शुरू किया गया है निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी यदि कोई चालक या यात्री बिना मास्क के पाए जाएंगे तो उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे ये निर्देश सभी वाहनों पर लागू होगा दुकानदार और ग्राहक के बिना मास्क के होने पर दुकानें सील कर दी जाएंगी इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के छह सौ तिरपन नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक एक सौ पंचानवे नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं बेगूसराय में अड़तीस सारण और सूपौल में तीस तीस जबकि पूर्णिया में चौबीस मामलों की पुष्टि हुई है राज्य के अन्य जिलों से भी कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर संतानवे दशमलव तीन शुन्य हो गयी है अभी कूल पांच हजार सोलह सक्रिय मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर पूर्व केन्द्रीय मंत्री सीपी ठाक्र के पूत्र विवेक ठाक्र नोडल कोविड अस्पताल एनएमसीएम पटना के अधीक्षक और उपाधीक्षक भी इस महामारी से संक्रमित पाये गये हैं भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार सिन्हा ने आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं उधर राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा विधानसभा अध्यक्ष का चूनाव कल होगा विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास एक सौ पच्चीस सीटें हैं जिसमें भाजपा के चौहत्तर सदस्य शामिल हैं एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन किया है द्रसरी ओर पचहत्तर सदस्यों के साथ राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है जिसने विपक्ष के महागठबंधन का नेतृत्व किया है और इसे एक सौ दस सीटें मिली हैं अन्य दलों को छह सीटें मिली हैं जिनमें एआईएमआईएम के पांच सदस्य और बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्य शामिल हैं सत्रहवीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज नवनिर्वाचित उनचास सदस्यों ने सदन की सदस्यता की शपथ ली प्रोटेम स्पीकर जीतनराम मांझी ने सबसे पहले श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई उसके बाद अड़तालीस अन्य सदस्यों ने शपथ ली सदन में अनुपस्थित रहने के कारण चार नवनिर्वाचित विधायक सर्वश्री अनंत सिंह अनिरुद्ध प्रसाद यादव नरेंद्र कुमार नीरज और अमरजीत कुशवाहा आज शपथ नहीं ले सके इसके साथ ही दो सौ तैंतालीस नवनिर्वाचित विधायकों में से दो सौ उन्तालीस का शपथ ग्रहण पूरा हो गया शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल ग्यारह बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई कल शेष चार सदस्यों का शपथ ग्रहण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जिवेश कुमार और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने अपने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं प्रदेश में अगले साल इकतीस मार्च तक धान की खरीद की जायेगी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने तीस लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है अधिसूचना के अनुसार साधारण किस्म के धान की कीमत एक हजार आठ सौ अड़सठ रूपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान की कीमत एक हजार आठ सौ अठासी रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी है धान खरीद की जिम्मेवारी व्यापार मंडल और पैक्सों को दी गयी है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड बढ़ गयी है विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी है सबसे अधिक ठंड दक्षिण पश्चिम और मध्य बिहार में पड़ रही है साढ़े छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा वहीं पटना का न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस जबकि भागलपुर का बारह दशमलव चार और पूर्णिया का बारह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विज्ञान कोन्द्र के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आयेगी मौसम वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि इस बार नवम्बर माह में बारह साल में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गयी है केन्द्र ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इस वर्ष ठंड की समय अवधि भी पिछले कुछ सालों से अधिक रहने की संभावना है

खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की सम्प्रभुता और अखंडता रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थीं इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है इससे पहले केन्द्र सरकार ने उनतीस जून को उनसठ और दो सितम्बर को एक सौ अट्ठारह मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था मोबाइल ऐप पर ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा उनहत्तर ए के अंतर्गत लगाए गए हैं केन्द्र सरकार ने अगले साल अट्ठाईस फरवरी तक केंद्र सरकार के पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि बढ़ा दी है इससे पहले सरकार ने जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि एक नवम्बर से इकतीस दिसंबर दो हजार बीस तक बढ़ाई थी कार्मिक और जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार विभाग को कई पेंशनधारियों के एसोशिएशन की ओर से कई पत्र मिले थे साथ ही व्यक्तिगत रूप से लोगों ने जारी कोविड महामारी और कोरोना वायरस की बुज़र्ग आबादी के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि और बढ़ाने का आग्रह किया था मंत्रालय ने कहा कि लेखा महानियंत्रक के कार्यालय से सलाह मशविरे से अब तय किया गया है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की मौजूदा तारीख आगे बढ़ा दी गई है प्रदेश में आज एक साथ कई जिलों की जेलों में औचक छापेमारी की गयी इस दौरान सभी कैदियों के वार्ड की सघन तालाशी ली गयी पटना के बेउर जेल समेत विभिन्न कारागारों में तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गयी बिहार लोक सेवा आयोग की पैंसठवीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा कल से शुरू हो रही है तीन दिनों की यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जायेगी पहली पाली सुबह साढ़े नौ से साढ़े बारह बजे तक जबकि दूसरी पाली अपराहन दो से पांच बजे तक होगी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए पूख्ता इंतजाम किया गया है परीक्षार्थियों को मोबाइल ब्लू टूथ और वाई फाई समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ में ले जाने की अनुमति नहीं होगी परीक्षा के दौरान कोविड से जूड़े मानदंडों को पालन करना अनिवार्य होगा

श्री मोदी ने देशवासियों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की

मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ उठाये जा रहे हैं कड़े कदम

कल होगा चुनाव और राजधनी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड बढी